साथ ही ऐसी कम्पनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर भी नहीं देना होगा

विक्रम ठाकुर इस बीच जीएसटी परिषद की बैठक में भाग लेते हुए उद्योगमंत्री विक्रम ठाकुर ने हिमाचल को जीएसटी के मूल सिद्धांत के अनुसार बिजनेस टू कंज्यूमर की व्यवस्था के तहत कर प्राप्ति का अधिकार देने का केन्द्र से आग्रह किया उन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न मामले भी बैठक में उठाए उद्योगमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कुल्लू शॉल और कांगड़ा चाय भी भेंट की बैठक में आबकारी व कराधान के प्रधान सचिव संजय कुंडू भी मौजूद रहे स्वागत इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए केन्द्र की मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले की सराहना की है

मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीमा रमण का आभार जताया

केन्द्रीय गृह मंत्री अमितशाह की अध्यक्षता में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की आज चण्डीगढ़ में हुई बैठक में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये मांग उठाई उन्होंने कहा कि पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास के लिए लम्बित मामलों के समयबद्ध समाधान के लिए हिमाचल और राजस्थान सरकार के राहत व पुनर्वास अधिकारियों की एक तालमेल समिति गठित की जानी चाहिए मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय उच्च समिति गठित करने की भी बात कही

युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृति पर चिंता जताते हुए उन्होंने केन्द्रीय एजैन्सियों को सभी राज्यों के साथ नशे के व्यापार से संबंधित जानकारी साझा करने पर बल दिया जयराम ठाकुर ने पड़ोसी राज्यों के साथ अंतर राज्य सीमा विवादों के समाधान की जरूरत भी बताई

बैठक में सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर और मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी भी मौजूद रहे हाईकोर्ट प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यन के सम्मान में आज फुलकोर्ट रैफ्रेंस का आयोजन किया गया मुख्य न्यायाधीश वीरामा सुब्रमण्यन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है इस अवसर पर न्यायमूर्ति वीरामा सुब्रमण्यन ने कई प्रेरणादायक कविताओं के माध्यम से अपनी बात रखी और कहा कि देवभूमि में उन्हें काम करने का मौका मिला जो उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा इस अवसर पर उच्च न्यायालय के न्यायधीश बार एसोसिएशन के सदस्य और न्यायालय के कर्मचारी भी मौजूद रहे रामस्वरूप शर्मा भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय ने मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद रामस्वरूप शर्मा को हिमाचल प्रदेश भारतीय खाद्य निगम की परामर्श दात्री समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है इस संबंध में मंत्रालय के उपसचिव अजय कुमार झा द्वारा अधिसूचना जारी कर दी है सांसद रामस्वरूप शर्मा ने इस नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी समूह शिमला द्वारा आयोजित स्वच्छ पखवाड़ा साईकिल रैली को आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया रैली का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग के लिए स्वच्छता बेहद जरूरी है बंडारू दत्तात्रेय ने उम्मीद जताई कि एनसीसी का ये सार्थक प्रयास समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने में मददगार साबित होगा

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे मातृ वंदना योजना गर्भवती और बच्चों को स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सरकार की विशेष योजना प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ से अधिक हो जाने पर एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर योजना है जिसमें गर्भवती महिला को उसकी पोषण जरूरतें पूरा करने और वजन में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए उसके बैंक खाते में रकम ट्रांसफर की जाती है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि इस योजना के तहत चार हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वितरित की जा चुकी है

इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को तीन किश्तों में पांच हजार रुपए दिए जाते हैं पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना के तहत भी नकद राशि दी जाती है एक महिला को औसतन छह हजार रुपए मिल जाते हैं

ग्रामीण विकास व पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना जिला के थानाकलां में कृषक बकरी पालन योजना के तहत बकरी वितरण कार्यक्रम में ये जानकारी दी वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि बकरी पालकों की एक सोसाइटी बनाकर इसके माध्यम से बकरी के दूध की प्रोसेसिंग इकाई स्थापित की जाएगी पशुपालन मंत्री ने कहा कि बकरी के दूध व पनीर को ब्रांड बनाकर बेचने की योजना बनाई जा रही है उन्होंने कहा कि पशुपालन को युवा स्वरोजगार का साधन बना सकते हैं

गुरकीरत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व प्रदेश कांग्रेस सहप्रभारी गुरकीरत सिंह ने प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर आज शिमला स्थित पार्टी कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर से विचार विमर्श किया राठौर ने प्रदेश में पार्टी गतिविधियों से उन्हें अवगत करवाते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरकर जीत हासिल करेगी इस अवसर पर कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे इस बीच गुरकीरत सिंह ने पार्टी के कुछ नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ की जा रही बयानबाजी को गंभीरता से लेते हुए इसे अनुशासनहीनता करार दिया है उन्होंने कहा है कि ऐसा किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा